साथ ही नगरीय क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यो की जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में बारिश का पानी एकत्रित करने और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है भू जल स्तर का गिरना चिंता का विषय है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे शहरों का विकास सीमेंट कांक्रीट के जंगल की तरह किया जाना है शहरों के बहुत से हिस्से घरों व्यवसायिक भवनों सड़कों आदि के कारण इतने ठोस हो गए हैं कि बरसात का पानी भीजमीन के भीतर नहीं जा पाता भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि सतह का पानी रिस रिसकर जमीन के भीतर जाए सरकार ने नियमों में संशोधन करके अब प्रत्येक आवासीय वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है मुख्यमंत्री ने लोकवाणी कार्यक्रम के जरिये बताया कि इस बार नगरीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया गया है श्री बघेल ने बताया कि अब इक्कीस साल का युवा भी महापौर बन सकता है उन्होंने युवाओं का सम्मान करने और उन्हें जिम्मेदारी देने तथा उन पर भरोसा करने का संदेश दिया

इसको ध्यान में रखकर हाट बाजारों में और शहरी स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट का संचालन किया जा रहा है

इसी तरह शहरी बस्तियों के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी बीमारियों की अनदेखी करते हैं इसलिए हमने तय किया कि शहरी बस्तियों के लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते तो अस्पताल उनके घर के पास पहंच जाए मुख्यमंत्री ने बताया कि नगरीय निकायों के तालाबों को मछुआ सहकारी समिति को दिया जाएगा इससे तालाबों की नियमित सफाई होगी और मछलियां भी पाली जाएंगी जिससे मछुवारों की आय बढ़ेगी

जिले के सिलफिली ग्राम पंचायत में आयोजित सुपोषण संगोष्ठी और किसान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब डेढ़ सौ करोड़ रूपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया राज्यपाल दिव्यांगजन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करना उन्हें नया जीवन देने जैसा है रायपुर में आयोजित निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जरूरतमंद की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है इससे आत्म संतुष्टि भी मिलती है राज्यपाल ने दिव्यांगजनों की भावनाओं को समझने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें यह बताने का प्रयत्न करें कि वे किसी से भी कमजोर नहीं हैं उन्होंने कहा कि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है किसान धोखाधड़ी महासमुंद जिले में किसानों से बासठ लाख रूपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार बागबाहरा महासमुंद और पिथौरा क्षेत्र के किसानों से धान की अधिक कीमत देने का झांसा देकर बिचौलिए ने उन्हें धान की कीमत के एवज में चेक दिया था जो बाउंस हो गया इसके बाद बागबाहरा के मण्डी निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने बिचौलिए के विरूद्व मामला दर्ज कर लिया है

श्री पटेल ने खेती किसानी में नई तकनीकों को अपनाकर न सिर्फ उत्पादन को बढ़ाया बल्कि धान और गेहूं के साथ ही दलहन तिलहन और सब्जियों का उत्पादन भी किया इसके अलावा श्री पटेल पशुपालन भी करते हैं उन्होंने बताया कि गोबर और गौ मूत्र से वे बायो गैस ईंधन तथा जैविक खाद भी बनाते हैं श्री पटेल ने पंखे और तेल के खाली टीन से एक ऐसा यंत्र भी तैयार किया है जो खेत में जंगली जानवर और पक्षियों को भगाने के काम में आता है इससे उन्हें रात में खेत की देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती और फसलों का नुकसान भी नहीं होता है आदिवासी नृत्य महोत्सव आदिवासी लोक कला परम्परा और संस्कृति को सहेजने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में नारायणपुर में भी आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ इस अवसर पर बस्तरिया नृत्य झाली मंडप परब लेंजा छेरछेरा ककसाड गेड़ी मांदरी सहित गौर मड़िया और कोकरेंग नृत्य की प्रस्तुति की गई महोत्सव के समापन अवसर पर विधायक चंदन कश्यप ने विजेता कलाकारों को सम्मानित किया मिलाद उन नबी पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद मिलाद उन नंबी लोगों में प्रेम समानता और सौहाई का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि पैगम्बर हजरत के विचारों ने एक नई संस्कृति सभ्यता और नए यूग का सूत्रपात किया मिलाद उन नबी पर राजधानी रायपुर में फजर की नमाज के बाद विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकाला गया ये सभी जुलूस विभिन्न मार्गो से होते हुए सीरत मैदान पहुंचे जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई जुलूस में प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर और विधायक कुलदीप जुनेजा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए वहीं राजनांदगांव में भी ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया भ्रमण के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं ने जुलूस का स्वागत कर भाईचारे का संदेश दिया जगदलपुर में भी पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया इस दौरान जामा मस्जिद में फजर की नमाज अदा की गई इधर प्रदेश के अन्य जिलों से भी ईद मिलाद उन नबी मनाए जाने के समाचार मिले हैं सरगुजा कॉफी खेती छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के अलावा तीन जिलों सरगुजा बलरामपुर और जशपुर में किसानों द्वारा कॉफी की खेती की जा रही है जो छत्तीसगढ़ के किसानों के नये अनुसंधान के अनुरूप ढलने और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव की संभावनाओं को बताता है

प्रतियोगिता का शुभारम्भ भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो ने किया स्पर्धा में क्रिकेट गटका फुटबॉल टेनिस और लगोरी जैसी खेल स्पर्धाएं होंगी तेरह नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के बारह जोन के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं साइकिलिंग स्पर्धा रोड साइकिलिंग की राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए छत्तीसगढ़ की टीमें घोषित कर दी गई हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चौबीसवीं यूथ बालक बालिका और सब जूनियर बालक तथा बालिका के अलावा सीनियर पुरूष और महिला राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश की टीमों की घोषणा कर दी गई हैं ये टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आज बीकानेर रवाना हो गई हैं गौरतलब है कि प्रतियोगिता में चयन के लिए पंद्रह अक्टूबर से नौ नवंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था यह प्रतियोगिता तेरह से सोलह नवंबर तक आयोजित की जाएगी

बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के दोहना ग्राम में बीती रात चारपहिया एक वाहन सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई इस घटना में पति पत्नी की मौत हो गई वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया